प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के नेताओं से मानवता की खातिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने को कहा है

आतंक के नाम पर बटीं हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता के खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं

उन्होंने कहा कि शांति और सदभाव समय की जरूरत है उन्होंने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के कहे शब्दों को याद किया जब उन्होंने विश्व समुदाय से मतभेदों को भुलाने की अपील की थी यूएन पीस कीपींग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं शांति का संदेश दिया है और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को यद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है विश्व के मामलों में नयी दिशा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहु पक्षवाद और सामूहिक जिम्मदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से जन कल्याण के भारत के नारे को अब जन कल्याण से जग कल्याण का रूप दिया गया है हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्याण के लिए हो जन कल्याण से जग कल्याण और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक सम्बोधन के बाद बड़ी संख्या में बधाई संदेश मिले हैं

प्रधानमंत्री ने भूटान के प्रधानमंत्री लोताय त्शेरिंग से भी मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने अपनी अमरीका यात्रा को सफल और सार्थक बताया है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पिछले कुछ दिनों में विविध कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी का लाभ देश और विकास कार्यक्रमों को मिलेगा उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य देश के लिए अधिक निवेश आकृष्ट करना तथा विश्व को भारत के सुधार कार्यक्रमों से अवगत कराना था ह्यूस्टन में ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से और न्यूयॉर्क में अमरीकी उद्योग जगत के प्रमुखों से उनकी बातचीत सफल रही उन्होंने कहा कि वैश्विक जगत भारत में अवसरों की तलाश के लिए उत्सूक है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक संपर्क भारत और अमरीका के संबंधों में महत्वपूर्ण है तथा हाउडी मोदी कार्यक्रम और इसमे राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की विशेष भागीदारी उनके लिए अविस्मरणीय रहेगी

उन्होंने राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप तथा अमरीकी कांग्रेस और सरकार के सम्मानित सदस्यों का भी आभार प्रकट किया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं है जिन्हें राज्य सरकार सही वातावरण देकर प्रदेश को एक टिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री कल दिल्ली में वाईपीओ के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम अगस्त दो हजार बीस तक पूरा होने की संभावना है इसके अलावा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरू किया जायेगा श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये आईआईएम के विशेषज्ञों से भी सहायता ले रही है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज भारत दुनिया में निवेश का गंतव्य है उसी प्रकार देश के अन्दर उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे पहला गंतव्य है उन्होंने कहा कि पूरे एशिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स रेट होने से यहां के उद्यमी अपना माल आसानी से निर्यात कर सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रो के साथ आज संवाद किया

इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अलीगढ़ से आये कश्मीरी छात्रों का स्वागत किया छात्र छात्राओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी बातचीत से ही हर समस्या का समाधन निकल सकता है इसलिए संवाद जरूरी है उन्होंने कहा कि संवाद के द्वारा ही हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गए कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नए कश्मीर के निर्माण का संकल्प है जिसे हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है पितृ विसर्जन अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं ने प्रमुख नदियों में स्नान करने के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की आज के दिन समस्त पितरों का विसर्जन होता है इस अवसर पर लोगों ने अपने पित्रों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिये तर्पण श्राद्व और ब्राह्मणों को भोजन करवाया हापुड़ में गंगा पर गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर आसपास के जनपदां से आये श्रद्धालुओं ने गंगा में ड़बकी लगाई और पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए उनका तर्पण किया आज पितृ विसर्जन और शनिचरी अमावस्या एक साथ होने से आज के दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है

शक्ति आराधना के इस पर्व को लेकर प्रसिद्ध देवी मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है मंदिरों में साफ सफाई के बाद माता के दरबार को सजाने की तैयारियां चल रही है नवरात्र के पहले दिन कल मंदिरों और घरों में कलश स्थापना के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का दौर श्रू होगा प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल में आज मध्य रात्रि से ही शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो जायेगा मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शूरू हो गया जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये हैं

मक्का का समर्थन मूल्य एक हजार सात सौ साठ रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है इस वर्ष मक्का की खरीद पन्द्रह अक्टूबर से शुरू की जायेगी खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव निवेदिता श्रक्ला वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है उन्होंने बताया कि मक्का की खरीद पन्द्रह जनवरी दो हजार बीस तक की जायेगी इस वर्ष एक लाख मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा गया है

उधर आलू उत्पादकों के लिये आलू बीज की बिक्री की दरों में छूट देने का प्रदेश सरकार ने फैसला किया है सरकार द्वारा बिक्री दर दो हजार सात सौ पैंतालीस रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित की गई थी जिस पर अब एक हजार रूपये की छूट दी गई है यह छूट सभो प्रकार के आलू के बीजों की बिक्री पर रहेगी

इसके साथ ही नहरों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए शिल्ट की सफाई का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरी गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाय उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा